कल शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने हाल ही में हिमाचल आए लोगों को क्वांरटीन संबंधी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चलाए जा रहे निगाह कार्यक्रम के तहत बाहर से आने वाले लोगों की जांच कर उन्हें क्वांरटीन संबंधी जानकारी दी जा रही है उन्होंने कहा कि इन लोगों के परिवारों को भी सभी एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी जा रही है ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके निशंक सीबीएसई परीक्षा केद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई लॉकडाउन के कारण स्थगित दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं एक से पंद्रह जुलाई के बीच कराएगा उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से ये जानकारी दी है उत्तर पूर्व दिल्ली में हिंसा के कारण परीक्षाओं में न बैठ सकने वाले विद्यार्थियों की दसवीं कक्षा की परीक्षा भी कराई जाएगी इस बारे में सीबीएसई जल्द ही विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा

पिछले कल एक दिन में चार जिलों चंबा कांगड़ा उना व हमीरपुर से चार नए मामले सामने आए हैं हालांकि सोलन जिले काठा में भर्ती कोरोना मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आने से सिरमौर जिला कोरोना मुक्त हो गया है चंबा जिला के सलूणी उपमंडल से दो वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई है हमारे जिला संवाददाता विकास ठाक्र ने बताया है कि ये बच्ची बद्दी से लौटे कोरोना पॉजिटिव पाए गए एक व्यक्ति की बेटी है जो इनके सम्पर्क में आई थी

ऊना जिले की पंजोआ पंचायत से भी देर रात एक महिला में कोराना संक्रमण की पुष्टि हुई है ऊना से जिला संवाददाता राजेश शर्मा ने बताया कि नया मामला सामने आने के बाद पंजोआ पंचायत व आस पास के क्षेत्रों को सील कर सैनेटाइज किया जा रहा है और संक्रमित महिला के सम्पर्क में आए लोगों की जांच शुरू कर दी गई है हमीरपुर की बिझड़ी पंचायत के दुधार गांव से भी कल एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने पर इलाके में विशेष एक्टिव केस फाइंडिग अभियान चलाया जा रहा है

उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की पूरी तरह स्वास्थ्य जांच की जा रही है

उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी राज्यों में जरूरत के अनुसार वितरण के लिए अनाज उपलब्ध रहें अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कैबिनेट के फैसले और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आए नए मामलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल में दो घंटे बढ़ी ढील अब सात घंटे खुले रहेंगे बाजार

आपका फैसला के शब्द हैं हिमाचल में बढ़े शराब के दाम हिमाचल दस्तक का कहना है शराब महंगी कर्फ्यू में ढील बढ़ी जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है हिमाचल में शराब पर लगा कोविड सैस अमर उजाला की सुर्खी है पॉजिटिव मरीज की दो साल की बच्ची समेत चार और संक्रमित हिमाचल में अब नौ एक्टिव केस

दिव्य हिमाचल के मुताबिक हिमाचल में कोरोना के चार और मरीज दैनिक भास्कर लिखता है प्रदेश में चार नए कोरोना पॉजिटिव इनमें दो साल की बच्ची शामिल यह प्रदेश की सबसे छोटी पेशेंट आपका फैसला की सुर्खी है हिमाचल में कोरोना के चार और नए केस छह माह बाद फिर आईजीएमसी के प्रिसिंपल बने डॉक्टर रजनीश पठानिया अमर उजाला की एक खबर है